उन्होंने कोरोना से बचाव और उपचार के प्रबन्धों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि शासन स्तर प पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ वाराणसी मेरठ और मथूरा के जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर कोरोना नियंत्रण में उनका मार्गदर्शन करें मुख्यमंत्री ने एसजीपीजीआई केजीएमयू और आरएमएल अस्पतालों में आईसीयू के बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोई ढिलाई न बरती जाये इस मूल मंत्र से ही भविष्य में भी कोरोना से जंग जारी रहेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में महिलाओं और लडकियों के साथ हो रहे अपराध से संबंधित मामलों पर तुरन्त और कडो कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं आगरा चित्रकूट और प्रतापगढ जिलों की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में वरिष्ठ अधिकारियों को स्वंय घटनास्थल पर जाकर तुरन्त जांच संबंधी कार्रवाई करनी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में कड़ी कार्रवाई के लिए संबंधित अपराधों को फास्ट ट्रैक कोर्ट और नाबालिक बच्चों के साथ हुए अपराधों को पास्को कोर्ट में अभियोजित कराया जाये उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष से प्रभावी पैरवी कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में संक्रमण से ठीक होने वाला की दर विश्व में सर्वाधिक है उन्होंने कहा कि भारत ने जांच की क्षमता बढ़ा कर प्रतिदिन पंद्रह लाख कर दी है

स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी सावधानियों का पालन करने की अपील की है बाइट आने वाली सर्दी में खासकर जो हमारे त्यौहार आ रहे हैं उनके अंदर विशेष सावधानी कोविड एप्रोपियट बिहेवियर मास्क दो गज की दूरी और साथ में हाथों की और रेस्पेरेट्री हाईजीन हमारा आग्रह है कि इस पर देश के लोग ध्यान दें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तरह से द्रनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम फरटेलिटी रेट हमारा है कोविड के ऊपर निर्णायक विजय हम प्राप्त करेंगे एनटीपीसी लिमिटेड ने बिजली उत्पादन के दौरान उत्पन्न सह उत्पादों का सौ प्रतिशत उपयोग करते हुए फ्लाई एश की आपूर्ति के लिए सीमेंट विनिर्माताओं के साथ समन्वय किया है एनटीपीसी भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क के जरिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से फ्लाई एश का परिवहन कर रहा है उर्जा मंत्रालय ने बताया है कि सीमेंट विनिर्माताओं को कंडीशंड फ्लाई एश भेजने वाला पहला उर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश का एनटीपीसी रिहंद है

एनटीपीसी प्रत्येक वर्ष लगभग छह करोड पचास लाख मिलियन टन एश का उत्पादन करता है

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव ट्रेवल कंसेशन एल टी सी कैश वाउचर योजना अधिक आकर्षक नहीं है मंत्रालय ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि खबरों में जिन बातों को आधार बनाया गया है उनमें सरकारी एलटीसी प्रणाली को समझने में गंभीर तथ्यात्मक कमियां दिखाई देती है मंत्रालय ने कहा है कि यह त्रुटिपूर्ण अवधारणा पर आधारित है कि अवकाश परिवहन राशि को बिना यात्रा किए आयकर भुगतान के जरिए रखा जा सकता है वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकारी एलटीसी कॉरपोरेट सेक्टर के यात्रा अवकाश भत्ते से काफी अलग है

प्रमुख उम्मीदवारों में बसपा के फूरकान ने अमरोहा कांग्रेस के सुशील चौधरी ने बुलन्दशहर सीट के लिए आज अपना नामांकन दाखिल कराया कांग्रेस की स्नेहलता और बसपा के संजीव कुमार ने फिरोजाबाद सीट पर अपना नामांकन कराया है जौनपुर की मल्हनी सीट पर जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कराये उनमें समाजवादी पार्टी के लकी यादव और कांग्रेस के सतीश चन्द्र उपाध्याय शामिल हैं

कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या निरंतर बढ़ने स देश में कोविड उपचार करा रहे लोगों की संख्या कम करने में मदद मिली है

समाज के विभिन्न वर्गो से लोग इस अभियान में जुड़कर लोगों से मॉस्क पहनने दो गज की दूरी का पालन करने हाथों को साबुन या सेनिटाइजर से बार बार साफ करने की अपील कर रहे हैं इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार की विभिन्न मीडिया इकाइयों आकाशवाणी दूरदर्शन पीआबी प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो सहित अन्य विभागों द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने कल एक बैठक में कोविड से ग्रस्त होने पर दाखिला परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का फैसला किया

केन्द्र सरकार ने देश के प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं भारी उद्योग विभाग ने चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार करने और संचालित करने के लिए सरकारी संगठनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक तथा निजी निकायों से प्रस्ताव मांग हैं मुंबई पुणे अहमदाबद वड़ोदरा दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रसे वे बेंगलुरु मैसूर बेंगलुरु चेन्नई सूरत मुंबई आगरा लखनऊ ईस्टर्न पेरिफेरल और हैदराबाद ओआरआर एक्सप्रेस वे पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है